प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये संसद भवन की आधारशिला रखी

दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन हुआ आसान

और राजधानी पटना समेत प्ररा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस अवसर पर विभिन्न धर्मग्रुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा प्रधानमंत्री ने नये संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया

उन्होंने कहा कि नया भवन सांसदों की कृशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आध्रनिक सुविधाओं से लैस होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और ग्रंजाइश नहीं थी यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था

हमारे संवैधानिक मूल्योंऔर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श हैं जिसे देखने और समझने के लिए दुनियामर के लोग आते है संसद का नया भवन देश की समी प्रातों की उत्कृष्ट कला संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियोंकी प्रेरणा का केंद्र भी होगा इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित थे केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कोईलवर में सोन नदी पर बने अप स्ट्रीम पुल का आज लोकार्पण किया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीस पर अवस्थित पटना बक्सर परियोजना के बीच बने इस पुल के उद्घाटन से पटना भोजपुर और सारण के साथ ही उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन सुगम हो गया है वर्चुअल माध्यम से पुल का लोकार्पण करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस पुल का नामकरण महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर होगा श्री गडकरी ने कहा कि गंगा पर बन रहे कोसी ब्रिज का काम तेजी से हो रहा है जिसे जल्द पूरा कर लिया जायेगा साथ ही पटना में गंगा नदी पर नये पुल का निर्माण कार्य दो हजार चौबीस तक पूरा किया जायेगा श्री गडकरी ने आश्वस्त किया कि गांधी सेतु का दूसरा लेन भी अगले साल के अंत तक चालू हो जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पुल के उद्घाटन से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ की स्वीकृति के लिये कोन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र के सक्रिय सहयोग से राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है इस अवसर पर कोन्द्रीय मंत्री आरके सिंह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अनेक गणमान्य लोग वर्च्यअल माध्यम से उपस्थित थे केन्द्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सूधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खूले दिल से बातचीत करने को तैयार है श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया उन्होंने किसानों से फिर आग्रह किया है कि वे प्रस्तावों पर खुले मन से विचार करें कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनों में ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके अनुसार समझौते किसानों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच ही होंगे सुजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की भागलप्र और सबौर स्थित विभिन्न संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आज भागलपुर सबौर नाथनगर जगदीशपुर समेत पंद्रह स्थानों पर छापेमारी कर जब्ती की कार्रवाई की जानकारी के अनुसार इन दोनों के मकान जमीन समेत ढाई करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गयी विभिन्न स्थानों पर रिथित इनकी अवैध संपत्तियों को सील भी किया गया है गौरतलब है कि सीबीआई न्यायालय ने इन फरार आरोपियों की संपत्ति सील करने के आदेश दिये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है श्री मोदी बारह दिसम्बर को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर श्री मोदी का हाल ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ है राज्य सरकार ने प्रशिक्षु सिविल जज के पद पर नियुक्त तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति रद्द कर दी है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है अभिषेक कुमार सुश्री सुमन ग्रेवाल और राकेश कुमार ने समय पर योगदान नहीं दिया इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आत्मनर्भिर भारत पैकेज के तहत स्रक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ससमय भ्रगतान किया जाना संतोषजनक है उन्होंने एम एस एम ई मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस वर्ष मई में आत्मनर्भिर भारत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की देनदारी को पैंतालीस दिन के भीतर चूकता किया जाना चाहिए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले दो दिनों तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंद्रह और सोलह दिसम्बर को राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है

दृश्यता में कमी आने से आज भी पटना दरभंगा और गया हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन बाधित रहा

प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के पांच सौ पंचानवे नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख इकतालीस हजार पांच सौ चौंतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ इकसठ नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं गया में तैंतीस मुजफ्फरपुर में बीस नालंदा में उन्नीस बेगूसराय और किशनगंज में सोलह सोलह और औरंगाबाद में पंद्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में पांच हजार दो सौ छियासी सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख चौंतीस हजार नौ सौ चालीस लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव द्र सात प्रतिशत है इस वैश्विक महामारी से अब तक प्रदेश में एक हजार तीन सौ सात लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आयी है स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक बानवे लाख तिरपन हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं ठीक होने की दर बढ़कर चौराने दशमलव सात चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सैंतीस हजार सात सौ पच्चीस लोग ठीक हुए

इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमण के कुल मामले संतानवे लाख सड़सठ हजार से अधिक हो गए हैं आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की

दूसरा मास्क पहनकर रखना बीमार व्यक्ति को मी और दूसरे लोगों को भी तीसरा खुले हवा का प्रसार होना बिल्कूल आवश्यक है हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आयोजन अपने निर्धारित तिथि से करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर नये सिरे से काम करने की आवश्यकता जतायी गयी थी आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि तेरह दिसम्बर से निर्धारित की है अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने के लिये आवेदन जमा करने की तिथि दस जनवरी तक बढ़ा दी गई है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुम्बई में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी श्री नकवी ने कहा कि आयु स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हुए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है अगले वर्ष जून और जुलाई महीने के दौरान हज यात्रा होनी है श्री नकवी ने स्पष्ट किया कि हज यात्रा के दौरान कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा आज मानवाधिकार दिवस है यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष दस दिसंबर को मनाया जाता है इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोविड उन्नीस महामारी से संबंधित है जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं प्रदेश में भी मानवाधिकार संगठनों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सबलपुर में रोलिंग मशीन के बीच आ जाने से रोलिंग मिल में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गयी मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया वहीं गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सलोना मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नये संसद भवन की आधारशिला रखी

दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन हुआ आसान

और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में